बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्र ने बताया कि अविवाहित महिला पेंशन योजना को बैठक में मंजूरी दी गई

इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई और मेट्रो के लिये नये पद सुजन करने को मंजूरी दी गई कार्यकर्ता महाकृंभ भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई द्वारा कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में कार्यकर्ता महाकृंभ के माध्यम से विधानसभा चुनाव अभियान का आगाज किया जायेगा कार्यकर्ता महाकृभ में करीब दस लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की सम्भावना है पार्टी द्वारा महाकुंभ स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया कार्यकर्ता महाकृभ परिसर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर और प्रदर्शनी स्थल का पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय अनील माधव दवे के नाम पर किया गया है पार्टी सुत्रों के अनुसार महाकृंभ में प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के आगमन के लिये पार्टी ने विशेष बसों और ट्रेनों की भी व्यवस्था की है भोपाल में हो रहे इस महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं

वहीं आयोजन स्थल भेल के विभिन्न क्षेत्रों में भी जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है

इस फेस्टिवल में किसानों के साथ ही युवा उद्यमी व्यापारी उपभोक्ता शोधकर्ता कृषि वैज्ञानिक और खाद्य उद्योगों से जुड़ी कम्पनियां शामिल होंगी इससे मक्के को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने मक्के का व्यावसायिक उपयोग बढ़ाने मक्के से जुड़ी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को जिले में स्थापित करने में मदद मिलेगी उपभोक्ता हेल्पलाइन प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आज से राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन शुरू हो रही है

इसका शुभारंभ राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने किया श्राद्व पक्ष पूर्वजों की आत्मषांति के लिये किये जाने वाला सोलह दिवसीय श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो गया है आगरमालवा जिले में लोगों द्वारा आज से तर्पण कर दान पृण्य किया जा रहा है वहीं होशंगाबाद जिले में भी नर्मदा नदी के सभी प्रमुख घांटो पर अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिये तर्पण किया गया घाटों पर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये हैं साथ ही गोताखोरों की भी तैनाती की गई है वहीं आज से सोलह दिवसीय लोकोत्सव पर्व संजा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है संजा पर्व युवतियों द्वारा अच्छा वर और घर पाने की कामना से मनाया जाता है आगरमालवा जिले में बालिकाओं और युवतियों द्वारा घरों की दीवारों पर गौबर से संजा बनाकर उसे रंग बिरंगी चमकीली पन्नियों और फूल पत्तियों द्वारा आकर्षक ढंग से सजाकर शाम के समय संजा की पूजा और आरती करके मालवी लोकगीत गाये जाएगें मौसम मौसम में आये बदलाव के चलते प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चकवात के चलते प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अति दबाव का क्षेत्र बन गया है जिससे पश्चिमी मध्यप्रदेश के अनेक क्षेत्रों में मुसलाधार बारिश हुई

विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की सम्भावना जताई है राजधानी भोपाल में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है

बडवानी जिले में नर्मदा नदी के तट पर बनाये गये कुण्ड में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया